केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा एनडीए सरकार ने देश के सभी वर्गों की समस्याओं के समाधान को उठाए कई कदम शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बादल फटने से प्रभावित रोहडू निर्वाचन क्षेत्र के गांवों में नुकसान का लिया जायजा और प्रदेशभर में गणेश चतुर्थी पर्व की ध्रम जयराम राज्य सरकार कांगड़ा ज़िला के बीड़ बिल्लिंग को साहसिक खेलों और पौंग डैम को जलक्रीड़ाओं के रूप में विकसित करेगी ताकि ये स्थल विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बन सके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मेलन और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के शताब्दी समारोह की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिए गए भारी जनादेश के लिए लोगों का आभार जताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल दे रही है और केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है

मुख्यमंत्री कहा कि देश की मौजूदा जीडीपी का इन्वेस्टर मीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा

इस बीच उन्होंने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विभिन्न विकास कार्यो के उद्घाटन व शिलान्यास किए इस अवसर पर सांसद किशन कप्र ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार सहित विधायकगण व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे अनुराग केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरी है आज ऊना में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में महंगाई दर चरम सीमा पर थी और राजकोषीय घाटा भी नियंत्रण में नहीं था

अनुराग ठाकर ने कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों के माध्यम से बड़ी राहत दी गई है और चार ऐसी कंपनियों ने अब तक इसका फायदा उठाया है उन्होंने कहा कि हाल ही में कई बैंकों का विलय किया गया है जिससे इनकी क्षमता बढ़ेगी

उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावितों को हर संभव सहायता तुरंत उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए सुरेश भारद्वाज ने अधिकारियों को इस घटना में हए नुकसान का जल्द आंकलन कर रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा ताकि प्रभावित परिवारों के पुर्नवास के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा सके उन्होंने बंद सड़कों को खोलने और जलापूर्ति की सुविधा को निरंतर बनाए रखने के निर्देश भी दिए महेंद्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेंद्र सिंह ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के चहुमुखी विकास के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है

उन्होंने लोगों से बागवानी गतिविधियों को अपनाने का आहवान करते हुए नगदी फसलों की खेती करने पर बल दिया ताकि उनकी गणेश चतुर्थी गणेश चतुर्थी आज प्रदेशभर में श्रद्वापूर्वक मनाई जा रही है बुद्वि विवेक और सौभाग्य समृद्वि के प्रतीक गणपति का दस दिन का जन्मोत्सव आज से शुरु होकर गणेश चतुर्दशी पर सम्पन्न होता है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है गणेश चतुर्थी पर विभिन्न स्थानों पर श्री गणेश भगवान की मूर्तियां स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है इसी कड़ी में सोलन में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई जिसमें सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने हिस्सा लिया राजीव सहजल ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने समाज में एकता का संदेश देने के उदेश्य से महाराष्ट्र से गणेश चतुर्थी की शुरूआत की थी